मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वायु प्रदूषण आज एक वैश्विक समस्या बन गई है और इसके निवारण के लिये प्रकृति का दोहन कम से कम करने की आवश्यकता है

श्रो योगी आज लखनऊ में नेशनल नॉलेज नेटवर्क के तत्वावधान नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अन्तर्गत एक कार्यशाला के शुभारम्भ के अवसर पर बोल रहे थे इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ वायु मोबाइल एप का भी लोकार्पण किया इसके अलावा मेरठ शहर के अन्तर्गत तीन स्वचालित सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों का भी शुभारम्भ किया मुख्यमंत्री ने नौ क्षेत्रीय पर्यावरण अनुश्रवण नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट संघ ने जो सतत विकास के सत्रह लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनमें से एक जलवाय परिवर्तन भी है और इस दिशा में प्रदेश में काफी काम किया जा रहा है उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में कुल एक सौ एक शहरों को प्रमुख वायु प्रदूषणकारी शहरों के रूप में चिन्हित किया है इनमें से पन्द्रह शहर आगरा प्रयागराज अनपरा बरेली फिरोजाबाद गजरौला गाजियाबाद झांसी कानपुर खुर्जा लखनऊ मुरादाबाद नाएडा रायबरेली और वाराणसी प्रदेश म स्थित हैं इन सभी शहरों में वायू नियंत्रण कार्य योजना तैयार कर ली गई है और इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है उन्होंने संस्थानों और लोगों से हर क्षेत्र में पर्यावरण हितैषो तकनीक विकसित करने का आहवान किया

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारत ऊर्जा मंच को संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने यह भी कहा कि गैस के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लगभग साठ अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है श्री प्रधान ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन से अपील की कि वे पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाने पर विचार करें

उन्होंने कहा कि इससे कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा प्रधानमंत्री देश के लोगों को किफायती और स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना चाहते हैं

हमने आदरणीय वित्तमंत्री से अनुरोध किया है कि एटीएफ और प्राकृतिक गैस जीएसटी के दायरे में होनी चाहिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि भारत विभिन्न ऊर्जा समझौतों के तहत अनुबंध प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा नई दिल्ली में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखा परीक्षण सेरा सप्ताह के सिलसिले में आयोजित भारत ऊर्जा फोरम में उन्होंने कहा कि करों का बोझ कम किया गया है वित्तमंत्री ने निवेशकों से कहा कि उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थितियां इसके अनुकूल होंगी निवेश के लिए माहौल अनुकूल होने जा रहा है जो न सिर्फ नियामक तंत्र और उनकी प्रक्रिया में ढील देने तथा इन सभी को सरल बनाने के संदर्भ में है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि कर का बोझ कम हो इससे पहले कारपोरेट टैक्स घटाने की भी घोषणा की गई ताकि भारत में और अधिक निवेश हो सके

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले की दिन प्रतिदिन की सुनवाई छह अगस्त को शुरू की थी पीठ ने कहा है कि बृहस्पतिवार सुनवाई का अंतिम दिन होगा और तब तक सभी पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करनी होंगी

इसी दिन प्रधान न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो रहे हैं

कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की मांग की है जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि आदेश में ड्रोन कैमरा आदि से अयोध्या के अंदर सूटिंग करने या फिल्म बनाने पर भी रोक लगाई गई है दीपावली के अवसर पर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पटाखों की खरीददारी और बिक्री की अनुमति नहीं होगी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

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बड़ी दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिये गये हैं धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी और उसमें रहने वाले लोग मलबे में दब गए कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है

आजमगढ़ की मंडल आयुक्त कनक त्रिपाठी ने आकाशवाणी को बताया कि गोरखपुर और वाराणसी से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया है जो थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंच जाएंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीडि़त परिजनों के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त की है और अधिकारियों से घायलों को तुरंत और हर संभव मदद मुहैया कराने को कहा है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि गौ संरक्षण में लापरवाही बरतने को आरोप म महाराजगंज के जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय उपजिलाधिकारी सत्यम मिश्रा पूर्व उपजिलाधिकारी देवेन्द्र कुमार मुख्य पशु चिकित्साधिकारी राजीव उपाध्याय और पशु चिकित्साधिकारी वीकेमौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है सभी निलंबित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई के आदेश दिये गये हैं श्री तिवारी ने बताया कि जिले के मधुबलिया गौ सदन में अभिलेखों के अनुसार गौ वंश की तादाद पच्चीस सौ बताई गई थी जबकि स्थलीय निरीक्षण में वहां सिर्फ नौ सौ चौवन गौ वंश पाये गये थे इसके अलावा गौशाला की ज़मीन के कुछ भाग को भी गैर कानूनी तरीके से निजी व्यक्ति को लीज पर देने का मामला प्रकाश में आया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि पाकिस्तान पर अपनी जमीन से सक्रिय आतंकी गुटों पर लगाम कसने के वास्ते वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एफ ए टी एफ का बड़ा दबाव है आतंकवादियों को मिलने वाले धन और उससे जुड़े खतरों से निपटने के लिए गठित अन्तर सरकारी संगठन एफ ए टी एफ की पैरिस में बैठक चल रही ह श्री डोभाल ने कहा कि पाकिस्तान पर सबसे बड़ा दबाव एफ ए टी एफ क अधिकारियों की ओर से डाला जा रहा है श्री अजित डोभाल आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आतंकवाद रोधी दस्ते और विशेष कार्यबल के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज के संदर्भ में कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता क्योंकि इससे बहुत बड़ी जनहानि और आर्थिक बर्बादी होती है श्री डोभाल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को राष्ट्रीय नीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और सभी जानते हैं कि पडोसी देश आतंकवाद को समर्थन और धन उपलब्ध कराता है उन्होंने कहा कि आतंकवाद कम खर्चीला विकल्प है जिससे शत्र् को युद्ध से भी ज्यादा खून खराबा झेलना पड़ता है केन्द्र और राज्य सरकारें गंगा सफाई के लिये प्रतिबद्ध हैं इसके लिये विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलाई जा रही है इसी क्रम में गंगा केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में देव प्रयाग से पश्चिमी बंगाल के फजरगंज तक जल यात्रा राफ्टिंग दल कल हापुड़ पहुंचा जहां दल का भव्य स्वागत किया गया इस अवसर पर लोगों को एकल प्रयोग पालीथिन से मुक्त होने की शपथ दिलाई गई आज सुबह यह नरौरा बुलंदशहर के लिये रवाना हो गया

यह दल जहां जहां पहुंच रहा है गंगा किनारे स्थित क्षेत्र में लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से गंगा की स्वच्छता पर जागरूकता फैलाई जा रही है केन्द्रीय अल्प संख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति गम्भीर है क्यों कि इसके बिना उनका सशक्तिकरण संभव नहीं आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एन डी ए सरकार का प्रयास है कि पैसे की कमी के कारण अल्प संख्यक समुदाय का कोई भी छात्र अच्छी शिक्षा से वंचित न रह जाये श्री नकवी ने कहा कि एन डी ए सरकार सबका विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम कर रही है